भाजपा के वरिष्ठ नेता व केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में एक पत्रकार सम्मेलन में ये घोषणा की उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से ही चुनाव लड़ेंगे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमितशाह गांधी नगर और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतरेंगे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी नागपुर और स्मृति ईरानी अमेठी से भाजपा प्रत्याशी होंगी इसी बीच प्रदेश भाजपा के उम्मीदवारों के चयन को लेकर पार्टी हाईकमान की एक बैठक आज दिल्ली में होगी बैठक में प्रदेश की चारों संसदीय सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर मंथन किया जाएगा बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल व सांसद शांता कुमार मौजूद रहेंगे स्वीप कार्यक्रम युवा मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए स्वीप कार्यक्रम के तहत कुल्लू ज़िला प्रशासन द्वारा कल ढालपुर मैदान में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया इस दौरान युवा मतदाताओं ने बड़े बड़े होर्डिंग में अपने हस्ताक्षर किए और लोकसभा चुनाव में मतदान के प्रति अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने की बात कही इस दौरान कुल्लू के एडीएम अक्षय सूद ने युवा मतदाताओं से अपने वोटर कार्ड बनवाने और मतदान में भाग लेने का आग्रह किया

निर्वाचन आयोग द्वारा स्वीप कार्यक्रम चलाकर लोगों को वोट डालने के महत्व के बारे में जानकारी दी जा रही है और उन्हें नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार मतदाता फोटो पहचान पत्र न होने की स्थिति में आधार कार्ड पैन कार्ड पैंशन पासबुक और ड्राईविंग लाईसेंस जैसे दस्तावेज भी मान्य होंगे जल दिवस आज विश्व जल दिवस है

इस वर्ष का विषय है किसी को पीछे नहीं छोड़ना लोगों को जल के महत्व आवश्यकता और संरक्षण के बारे जागरूक करने के उददेश्य से इस अभियान की घोषणा की गई थी इस अवसर देश सहित प्रदेश भर में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे फाग मेला चार दिवसीय जिला स्तरीय फाग मेला आज से शिमला जिला के रामपुर बुशहर में शुरू हो रहा है

मेले को लेकर सभी वर्गों विशेषकर बच्चों व महिलाओं में खासा उत्साह है मेले को लेकर रामपुर नगर परिषद द्वारा सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं मेले में आने वाले सभी देवी देवताओं और देवालुओं के ठहरने और सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं

हालांकि जनजातीय क्षेत्रों में पिछले दिनों हुई बर्फबारी से लोगों को अभी भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है दूसरी ओर मनाली सोलंगनाला मार्ग नेहरू कृंड के आगे सड़क के धंस जाने से बंद हो गया है वहीं बंजार आनी मार्ग जलोड़ी दर्रे के पास बंद है लोक निर्माण विभाग द्वारा छोटी गाड़ियों के लिए इसे खोलने का प्रयास जारी है